बैठक में मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव स्वास्थ सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने विभिन्न म्द्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की स्थिति की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अन्मति दी इन टीकों की स्रक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो च्की है निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केन्द्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया यह वैक्सीन सबसे पहले तकरीबन तीन करोड स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध कराई जाएगी इसके बाद पचास वर्ष से अधिक की आय् के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीडित लोगों को टीका लगाया जाएगा

प्रधानमंत्री को को विन वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी बताया गया

टीकाकरण कर्मियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया का भी निर्धारण हो च्का है

इनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी प्रशीतन श्रृंखला अधिकारी आईईसी अधिकारी तथा अन्य भागीदार शामिल हैं

प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर सतहत्तर रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर निन्यानबे दशमलव दो प्रतिशत हो गई है

राज्यपाल ने विजोयनगर क्षेत्र में वाईल्ड लाइफ एडवेंचर इको और कल्चरल ट्रिज्म की अपार संभावनाओं के मद्देनजर मियाओ विजोयनगर सड़क निर्माण के कार्य को त्वरित गति से पूरा करने पर जोर दिया श्री मिश्रा ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से राष्ट्रीय स्रक्षा के साथ नामदफा राष्ट्रीय पार्क के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी राज्यपाल ने वित्तमंत्री का पदभार संभाल रहे उप म्ख्यमंत्री से इस सड़क परियोजनाओं के लिए पर्याप्त और नियमित धनराशि जारी करने को कहा उन्होंने कहा कि विजोयनगर क्षेत्र के लिए अच्छे सड़क संपर्क से आर्थिक और पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी जिससे प्रदेश को राजस्व मिलेगा श्री मिश्रा ने आर डब्ल् डी मंत्री से मियाओ और विजयनगर के बीच ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क परियोजनाओं की निगरानी करने का सुझाव दिया

कल राज्य सचिवालय ईटानगर में लोअर स्बनसिरी और पाप्मपारे जिले की जल विद्य्त परियोजनाओं पर हितधारकों के साथ बैठक के दौरान उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा उन्होंने कहा कि इससे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सहित कई तरह के उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा परियोजना से प्रभावित लोगों की शिकायतों को दूर करने का आश्वासन देते हुए श्री मैन ने कहा कि राज्य की जल विद्य्त विकास नीति में स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा को प्रम्खता दी गई है उन्होंने प्राइवेट पावर डेवलपर्स से स्थानीय लोगों के विश्वास को जीतने के लिए परियोजना को पारदर्शिता के साथ पूरा करने को कहा इस बैठक में स्थानीय विधायकों के अलावा पारेंग और केयी जलविद्य्त परियोजना के प्रतिनिधि मौजूद थे

इस अवसर पर साठ स्अर करीब पांच सौ म्र्गियों और पचास बकरियों का टीकाकरण किया गया पश्पालन विभाग की तरफ से पश्ओं के लिए पोषक आहार और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक सुझाव दिया गया